विधेयक पेश करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है इसलिये भारतीय संसदों को राज्य के बारे में कानून बनाने का पूरा अधिकार है

राज्यसभा ने कल संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और अनुच्छेद पैंतीस ए को रद्द करने वाले प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था

इस विधेयक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रावधान किया गया है जिसमें केवल जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा होगी

अनुच्छेद तीन सौ सत्तर से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था और अब राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का प्रस्ताव किया गया है

उद्योग जगत के लोगों ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इस ऐतिहासिक कदम से कश्मीर की जनता सशक्त ही नहीं होगी बल्कि भारत भी मजबूत होगा